संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू गणतंत्र दिवस परेड में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का मिला प्रस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहत से संदेहों के बावजूद भारत ने कोविड महामारी का ताकत और निर्णायक रूप के साथ सामना किया है उन्होंने कहा कि हमने जनता के साथ मिल कर सही रणनीति अपनाई और अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हए कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया भारत प्रो एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा

हमने अपने द्वामन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया टेस्टिंग और ट्रेकिंग इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपुर इस्तेमाल किया इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया कोरोना के खिलाफ तब्राई को एक जन आंदोलन में बदल दिया आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है कल शाम विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को ठीक ढंग से संचालित किया है कोरोना शुरू होने के समय मास्क पी पी ई किट टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे आज हम न सिर्फ हम अपनी घरेलू जरूरते पूरी कर रहे हैं बल्कि इन्हें अन्य देशों में मेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं और आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि भारत में सत्तर से अस्सी करोड़ के बीच लोग संक्रमित होंगे और कुछ लोगों ने कहा कि इस महामारी से भारत में बीस लाख से अधिक मौतें होंगी श्री मोदी ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाले देशों की स्थिति को देखते हए विश्व की भारत के बारे में चिंता उचित थी श्री मोदी ने कहा कि भारत ने रिकार्ड समय में बीस लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड टीका लगाया

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व को दिखा दिया है कि कैसे आयुर्वेद जैसी परम्परागत चिकित्सा पद्वति रोग प्रतिरक्षण क्षमता को बेहतर बना सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पांच फरवरी तक स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण की प्रकिया में केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए सभी मानकों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाए मुख्यमंत्री ने कोविड की जांच के कार्य को भी सुचारू ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के संचालन में राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर संतृष्टि जताते हए जन औषधि केंद्रों को और विस्तार देने के भी निर्देश दिए इस बीच प्रदेश में कोविड टीकाकरण का दूसरा अमियान कल से शुरू हो गया सरकार ने टीकाकरण के लिए सप्ताह में दो दिन गुरूवार और शुक्रवार निर्धारित किये हैं प्रदेश में इकतीस जनवरी से पल्स पोलियो अमियान भी शुरू किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक वाहन मैन्य्फैक्चरिंग नीति को और आकर्षक एवं व्यवहारिक बनाये जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि नीति को और प्रभावी बनाने के लिये इसके अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहनों के प्रावधान किये जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के लिये अनुकूल होने की वजह से मविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन बढ़ाना होगा इसके लिये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति दो हजार उन्नीस में आवश्यक संशोधन किये जाये मुख्यमंत्री के समक्ष कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक वाहन मैन्यूफैक्चरिंग नीति दो हजार उन्नीस में संशोधन के संबंध में एक प्रस्तृतीकरण किया गया उन्होंने कहा कि प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था पार्किंग एवं पेट्रोल पम्प आदि स्थलों पर की जाये मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन के समय ई रिक्शा का रूट तय किये जाने एवं निर्धारित संख्या में सवारी बैठाने के निर्देश दिये संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ आज से शुरू हो रहा है वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस का केंद्रीय बजट पहली फरवरी को पेश किया जाएगा देश के इतिहास में पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया जाएगा कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दिन में दो बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे से रात्रि नौ बजे तक चलेगी बजट सत्र का पहला हिस्सा पन्द्रह फरवरी को सम्पन्न होगा जिसमें बारह बैठकें होंगी बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आठ मार्च से आठ अप्रैल तक चलेगा और उसमें इक्कीस बैठकें होंगी राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कल राजमवन में नारी बंदी निकेतन कारागार से रिहा होने वाली चौबीस महिला कैदियों को साड़ी शाल और मिठाई मेंट की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कारागार में महिला कैदियों ने जो हुनर सीखें हैं उससे अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करें साथ ही इस हुनर को अन्य लोगों को भी सिखायें राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार हुनरमंदों के लिये कई योजनाए चला रही है जिनका लाभ उठाकर महिलाए अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने में सहायता कर सकती है इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली बत्तीस झांकियों में से प्रदेश की झांकी को पहला प्रस्कार मिला है प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत झांकी में अयोध्या में बनने वाले श्रीराम मंदिर को दर्शाया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है प्रदेश सरकार कानप्र जनपद में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित करेगी इस पार्क से करीब पचास हजार लोगों को प्रत्यक्ष और डेढ़ लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा

उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना से कानपुर देश के दस बड़े लेदर मैचुर्फैक्चरिंग राज्यों में अपने स्थान को और बेहतर करने में सफल होगा कानपुर में मेगा लेदर क्वस्टर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले लेदर पार्क में डेढ़ सौ से अधिक टेनरी इकाइयां काम करेंगी चमड़े से बने जूते पर्स जैकेट से लेकर अन्य विश्वस्तरीय उत्याद इस पार्क में बनाकर उनका निर्यात किया जा सकेगा लेदर पार्क सभी तरह की सुविधाओं से लैस होगा इसमें लेदर प्रोडक्ट के उत्पादन से लेकर उत्पादो के प्रदर्शन की भी व्यवस्था होगी इसके साथ ही लेदर पार्क में उत्पादों को खरीदने के लिए आने वाले दुनियामर के निवेशकों के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था मी होगी सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

घने कोहरे और बर्फीली हवाओं से जनजीवन प्रमावित हो रहा है मौसम विमाग ने अगले कुछ दिनों तक सुबह घना कोहरा छाये रहने का अनुमान जताया है